पी एम वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क किये जायेंगे स्थापित

दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना हो जायेगा आसान

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी और पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए एक हजार पांच सौ चौरासी करोड़ रुपये की मंजूरी दी है इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी दो हजार बीस से दो हजार तेईस तक के लिए बाईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यह जानकारी दी

हमने इस महामारी को कैसे पॉजीटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है कोविड महामारी के परिष्ठेता में इस समय आत्मनिर्मर मारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सुजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है वहीं दूसरी तरफ हमने सीमे उद्योनों के रूप में उनको वित्तीय सहायता नी पहुंचाने का काम किया है श्री गंगवार ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार एक अक्तूबर दो हजार बीस से तीस जून दो हजार इक्कीस तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को दो साल के लिए सब्सिडी देगी सरकार एक हजार कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के बारह प्रतिशत के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के बारह प्रतिशत का भी भूगतान करेगी सरकार की ओर से कुल चौबीस प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नम्बर से जुडे भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रोनिक तरीके से जमा करेगा वहीं सरकार ने सार्वजनिक वाई फाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से बिना लाइसेंस शुल्क के सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा

ये देश में वाई छाई क्रांति की दिशा में एक बड़ूत ही महत्वपूर्ण कदम है सबसे पहले हम एक पर्कलक ठेटा ऑफिस खोलेंगे ये कोई परमुन की दुकान भी शो सकती है ये कोई चाय की दुकान हो सकती है ये कोई छोटा सा कोई पश्लिक ऑफिस हो स्तकता है हमारे लगभग पौने चार लाख कॉमन सर्विस सेटर है जो नांव में छोटे सहरो में डिजिटल सेवाए देते हैं

वाई फाई एवलेब्ल होगा लाखों की संख्या में करोठों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेगे मोबाइल सबक्छ उपलब्ध रहेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पीएम वाणी योजना प्रौद्योगिकी जगत में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सिद्ध होगी जिससे देश भर में वाई फाई की पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सुधार होगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार और जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता और ना ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन कर सकता है श्री तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भुगतान किए बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है उन्होंने कहा कि फसलों के खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडेगा कृषि मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और यह संभवतः अंतिम दौर में है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे नया भवन आत्मनिर्भर भारत की ब्रनियादी सोच का दर्पण होगा नया संसद भवन आध्निक तकनीकी स्विधाओं से यूक्त और ऊर्जा क्शल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नवनिर्मित कोइलवर पुल का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह जनरल वी के सिंह और अश्विनी कुमार चौबे सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित रहेंगे डेढ़ किलोमीटर से अधिक लंबे इस पुल के निर्माण पर दो सौ छियासठ करोड़ रुपये की लागत आयी है नये पूल पर आवागमन शुरू हो जाने से दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क सुगम हो जायेगा वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते बिहार का देश के अन्य हिस्सों से जुड़ाव होगा दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से सात करोड़ रूपये से अधिक की आभूषण लूट की हुई घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है एसएसपी बाबू राम ने बताया कि एसआईटी की तीन टीमें अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चल रही है उन्होंने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स और सीआईडी की टीमें भी मामले की जांच कर रही है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है इधर दो दिनों में तापमान में लगभग सात डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है जिससे ठंड बढ़ गयी है अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर भी लगातार घटता जा रहा है घने कोहरे और धुंध के कारण विमान रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है दृश्यता में कमी आने से कल पटना हवाई अड़डे से तीस विमान अपने निर्धारित समय से देरी से उड़े एक विमान को रद्द कर दिया गया जबकि चार अन्य विमान को को डाइवर्ट किया गया प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात सौ सात लोगों को उपचार के बाद छट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चौंतीस हजार चार सौ अंठानवे हो गयी है इसी अवधि में तीन लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा एक हजार तीन सौ तीन हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार एक सौ सैंतीस है नई दिल्ली स्थित पब्लिक हेत्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की

दूसरा मास्क पहलकर रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी तीसरा खुले हवा वय प्रसार होना बिल्कूल आवश्यक है हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है आखिरी चीजें पौध्टिक आहार खाइए श्रीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए ताज फल सब्ती और बादाम वगैरह उनसे भी काफी आपका इम्युनिटी बढ़ता है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाईन दाखिल खारिज भू राजस्व वसूली और परिमार्जन जैसे मामलों के निष्पादन समय में चौदह दिनों की बढ़ोतरी की है विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब इक्कीस दिन की जगह पैंतीस दिनों में ऐसे मामलों का निष्पादन करना अनिवार्य होगा पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आयोजन अपने निर्धारित तिथि से करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर नये सिरे से काम करने की आवश्यकता जतायी गयी थी आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि तेरह दिसम्बर से निर्धारित की है सूजन घोटाले के तीन मुख्य आरोपियों अमित कुमार रजनी प्रिया और विपिन कूमार की भागलपुर के जगदीशपुर नाथनगर और सबौर अंचल स्थित दो करोड़ बासठ लाख से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों को आज जब्त किया जायेगा इसके लिए प्रशासन ने तीन टीमों का गठन किया है सीबीआई की अदालत के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल इक्कीस अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया अब तक एक सौ पच्चीस अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में आठ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है गया स्थित हवाई अड्डे के पास एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि बारह लोग घायल हो गये कूख्यात संतोष झा हत्याकांड में शामिल कूख्यात शकील को मोतिहारी से पूलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है नवादा जिले के नरहट प्रखंड के खनवां पंचायत को बिहार का पहला सुकन्या पंचायत होने का गौरव हासिल हुआ है इस पंचायत की सभी बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला जा चुका है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है जिस थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ा उसके अधिकारियों पर हो कड़ी कार्रवाई हिन्दुस्तान ने राजस्व सुधार मंत्री राम सूरत कुमार के हवाले से लिखा है भ्रष्टाचार विभाग के लिए कोढ़ बना दैनिक जागरण ने लिखा है किसान संगठन समाधान के बावजूद अड़े प्रभात खबर की सुर्खी है अगले अड़तालीस घंटे और कोहरे में ड्रबा रहेगा बिहार तेरह दिसम्बर को हो सकती है बारिश दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रख्यात कवि और पत्रकार मंगलेश डबराल के निधन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

पी एम वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क किये जायेंगे स्थापित

दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना हो जायेगा आसान

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी और पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में